केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से सभी दुकानदारों और फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा मुख्यमंत्री ने निरस्त किए गए वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की नौवीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को एक श्रद्वांजलि है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के एम्फी थियेटर में छत्तीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीस स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में बच्चों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड जांच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि एंबुलेंस उपलब्ध न हो पाने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए और ऐसे मामलों को शून्य के स्तर पर लाया जाना चाहिए देश में कोरोना महामारी के नये नये इलाकों में फैलाव को ध्यान में रखते हुए श्री भूषण ने कहा है कि ऐसे मामले इक्का दुक्का या किसी खास स्थान पर कई लोगों में अथवा जिलों में बड़े पैमाने पर संक्रमण के रूप में हो सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी लक्ष्य महामारी की रोकथाम खासतौर पर नये इलाकों में इसके फैलाव को रोकना और हर कीमत पर लोगों की जान बचाना होना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें मृत्युदर में और कमी लाने और इसे एक प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ने देने का भी लक्ष्य रखना चाहिए छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजनांदगांव जिले में आज बावन नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें मोहला आईटीबीपी के उनतीस और डोंगरगढ़ आईटीबीपी कैम्प के चार जवान भी शामिल हैं इस बीच पेण्ड्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा शुरू हो गई है पहले दिन एक सौ सैंतालीस सैंपल लिए गए वहीं दुर्ग जिले में आज इक्कीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के पांच और भिलाई दुर्ग क्षेत्र के सोलह मरीज शामिल हैं उधर सुकमा जिले में सत्रह कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें दोरनापाल में सीआरपीएफ के चार जवान भी शामिल हैं वहीं बस्तर जिले में आज कोरोना संक्रमित एक युवक की मौत होने का समाचार मिला है यह युवक बस्तर विकासखंड के ग्राम कोटलापाल का रहने वाला था इधर महासमुंद जिले में आज पांच नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं वहीं रायगढ़ जिले में भी पांच नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है रायगढ़ के रामभाठा में एक मृतक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आने के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए चालीस से अधिक लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है उधर जांजगीर चांपा जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आरक्षक के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए इकहत्तर लोगों की कोरोना जांच की गई जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है प्रदेश में बीती देर रात तक कोरोना संक्रमित तीन सौ अटहत्तर नये मरीजों की पुष्टि हुई थी वहीं दस लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी इनमें से एक सौ चौव्वन पॉजीटिव मामले रायपुर जिले में मिले थे लॉकडाउन उल्लंघन कार्रवाई इस बीच राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में जिला प्रशासन की टीम ने मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की इस दौरान प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों सब्जी बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया वहीं दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निर्धारित समय के बाद खुलने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन जरूरी है मुख्यमंत्री वन अधिकार पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में निरस्त किए गए वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि निरस्त किए गए दावों की समीक्षा के कार्य को राज्य सरकार अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करे श्री बघेल ने मुख्य सचिव को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में श्री बघेल ने कहा कि जरूरत के अनुसार हितग्राहियों को वितरित जमीन को समतल करने और मेड़ बांधने का कार्य किया जाए साथ ही इन हितग्राहियों को सिंचाई सुविधा और कृषि कार्य के लिए जरूरी मदद दी जाए बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के वितरण के मामले में देश में अग्रणी राज्य है प्रदेश में अब तक चार लाख बाईस हजार व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं जबकि तीस हजार नौ सौ सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्रों का वितरण किया जा चुका है वन अधिकार प्राप्त पंचानवे हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है कांग्रेस बैठक कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आज राजधानी रायपुर में आयोजित की गई बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि बैठक में संगठन विस्तार और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई इसके अलावा बैठक में निगम मंडलों में नई नियुक्तियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया ओलपिंक संघ चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है वहीं महासचिव पद पर गुरूचरण सिंह होरा निर्वाचित हुए हैं आज हुए चुनाव में स्वीमिंग संघ के सचिव सांईराम जाकड़ को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसके अलावा ओलंपिक संघ में पांच सह उपाध्यक्ष और एक्जिक्यूटिव का भी चयन किया गया है

राज्य शासन ने ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को पूर्ण सहयोग देते हुए उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन ने पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत वेबसाइट बनाई है जिसका लाभ लाखों बच्चों और शिक्षकों को मिल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर स्वेच्छा से कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रयासों को सराहा है उन्होंने कहा है कि इन शिक्षकों को पूर्ण सहयोग दिया जाए लेकिन उन पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए शिक्षकों को अन्य कारणों से पूरी तरह मुक्त रखा जाए और ऐसे कार्यों में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए परिपत्र में कहा गया है कि अनेक शिक्षकों ने गांवों में जाकर ग्राम समुदाय की सहायता से छोटे छोटे समुहों में बच्चों को अनौपचारिक विधि से पढ़ाना प्रारंभ किया है ऐसे शिक्षकों को कोरोना योद्वा के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए

इसके लिए पोर्टल में निर्धारित पूर्णांक के विरूद्व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल में की जाएगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इसमें डीएल एड मान्यता प्राप्त संस्थाओं को तेरह अगस्त तक पोर्टल पर पिछले वर्ष के अनुसार व्यावहारिक तथा सैद्वांतिक परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि करने को कहा गया है वहीं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी इस वर्ष असाइनमेंट पद्वति से कराई जा रही हैं जिन जिलों में बाईस जुलाई से छह अगस्त तक लॉकडाउन था वहां भी कक्षा दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को असाइनमेंट का वितरण किया जा रहा है विद्यार्थी असाइनमेंट प्राप्त करने के दो दिन के भीतर अपना असाइनमेंट लिखकर परीक्षा केन्द्रों में जमा कर सकते हैं गंदगी मुक्त भारत अभियान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है पंद्रह अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों के सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना है इस अभियान के तहत दुर्ग जिले में आज कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ द्वारा सरपंचों के साथ ई रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा कल नौ अगस्त को गांवों में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र करने और उसे अलग किए जाने को लिए अभियान चलाया जाएगा इसी तरह अलग अलग दिनों में अन्य विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ग्राम पंचायतों में किए जा रहे स्वच्छता संबंधी उत्कृष्ट कार्यो के लिए पंद्रह श्रेणियों में राज्य स्वच्छता पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की नौवीं कड़ी का प्रसारण कल नौ अगस्त को होगा मुख्यमंत्री इस बार लोकवाणी में न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की अटहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वर्ष दो हजार बयालीस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था यह आंदोलन मुंबई में ग्वालिया टैंक से आरंभ हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है श्री जावड़ेकर ने ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के लिए दिए गए बलिदान को याद किया विश्व आदिवासी दिवस कल विश्व आदिवासी दिवस है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस साल विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस पर जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे कार्यक्रम में सभी जिलों के हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के साथ ही एकलव्य और प्रयास विद्यालय के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ जिलों के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और यहां की जनजातीय कला संस्कृति अनूठी है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपनी कला और संस्कृति को बनाए रखते हुए प्रदेश तथा देश को खुशहाली की राह पर ले जाने की दिशा में जनजातीय समाज की सदैव सहभागिता रहेगी हलषष्ठी संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व कल प्रदेशभर में परंपरा के अनुसार मनाया जाएगा इसे कमरछठ भी कहा जाता है इस मौके पर माताएं व्रत रख मिट्टी का छोटा कुंड बनाकर पूजा अर्चना करेंगी आज सुबह प्रजन सामग्री धान अरहर मक्का गेहूं महुआ लाई और पसहर चावल खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की अच्छी भीड़ देखी गई मान्यता के अनुसार हलषष्ठी व्रत के दिन माताओं के लिए हल से जुते हुए खेत का अनाज और सब्जी ग्रहण करना वर्जित होता है इस दिन महुआ का दातून करने की परंपरा भी है हलषप्ठी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि माताएं इस अवसर पर अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं बिहान जांजगीर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कार्यक्रम से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहराडीह में जय गंगा स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वाशिंग पाउडर और फिनाइल का निर्माण किया जा रहा है इन उत्पादों की बिक्री कर महिलाएं अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रही हैं उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है साथ ही प्रशासन द्वारा उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केरल के कोझिकोड विमानतल पर हुए विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताते हुए ईश्वर से उनके परिजनों को हौसला देने की प्रार्थना की है राज्य योजना आयोग ने शोध परियोजनाओं के लिए प्रदेश में कार्यरत् उच्च शिक्षण संस्थाओं ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और अनुसंधानकर्ताओं से तीस अगस्त तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित सिंचाई कॉलोनी के स्थान पर प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक भवन निर्माण के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है